पुलिस वीरता पदक से जैप वन के कमांडेंट अनीश गुप्ता और सिपाही राजू सोय को सम्मानित किया गया जबकि विशिष्ट सेवा पदक से धनबाद जिला के नंद किशोर सिंह सम्मानित हए

इसके साथ ही इरकन कुजूर पुष्पा टोप्पो जंगल वारफेयर के स्कूल के साइबू बाड़ा जेरोम बाखला रांची के सहायक अवर निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह बोकारो के प्रफुल्ल किडो हवलदार भानू प्रताप लोहरदगा के परमेश्वर प्रसाद गुमला जिला के रणवीर कुमार सिंह सम्मानित हुए इनके अलावा लोहरदगा के अरुण कुमार भगत सीआईडी के शंकर नाथ बोकारो के श्यामल कुमार मंडल रतन लाल लायेक रांची के चितरंजन प्रसाद सिन्हा कोडरमा के विजय कुमार रंजन गोड्डा जिला बल के जमाल अहमद पलामू जिला बल के निरंजन भगत अमजद खान और चतरा जिला बल के सुनील कुमार को सम्मानित किया गया

श्री सोरेन ने कहा कि पिछला वर्ष हमलोगों के लिए कठिन दौर था हम सबने मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना से डटकर मुकाबला किया और इस प्रदेश को संकट से बाहर निकाला अब सरकार सशक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के संकल्प को लेकर काम कर रही हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लोन माफी योजना शुरू की है

इसके अलावा पशुधन विकास योजना युवाओं को रोजगार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति सहित अनेक काम सरकार ने किए हैं

इस मेगा आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है

इसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंडपों ने अपने पर्यटन स्थलों व्यंजनों हस्तशिल्प और अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित किया है

इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है

इस आभासी मंच पर गणतंत्र दिवस परेड की झलक और सशस्त्र बलों के संगीत ध्रनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होंगी संस्कृति मंत्रालय आयुष मंत्रालय उपभोक्ता मामले रेल मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय आध्निक कला संग्रहालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग सहित अन्य संगठन देश भर से हस्तकला संगीत नृत्य चित्रकला साहित्यिक सामग्री और हथकरघा शिल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल मंडप बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करेगा

भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए प्रकाशन विभाग का वर्चअल मंडप कला और संस्कृति इतिहास और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनी पर पुस्तकों के माध्यम से समृद्ध और व्यापक प्रदर्शन कर रहा है

इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी हुई कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने कहा है कि गर्भनिरोधकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना व्यापक अभियान के माध्यम से गर्भनिरोधकों की मांग बढ़ाना और अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में विशेष प्रयास करना देश की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में भारत में प्रजनन दर और प्रसव के दौरान प्रसूति की मृत्यू दर में काफी कमी आई है

राजधानी दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन दंगा करने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हथियारों के साथ सरकारी कर्मियों पर हमला करने के मामलों में प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हए है किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच ं कल दिन भर संघर्ष जारी रहा ज्यादातर घटनाएं मुकरबा चौक गाजीपुर आईटीओ सीमापुरी नांगलोई टी प्वाइंट टीकरी बॉर्डर और लालकिले पर हुई

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लालकिले की प्राचीर पर भी चढ़ गए जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया दिल्ली पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद लालकिले की प्राचीर और आसपास से भीड़ को भगा दिया इस बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा न करने को कहा है उन्होंने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की पुलिस आयुक्त ने कहा कि कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली का समय और मार्ग तय किया गया था आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया और निश्चित समय से पहले उन्होंने रैली शुरू कर दी और बाद में हिंसा का रास्ता चुना दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान काफी संयम बरता स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं पुलिस ने कहा है कि आंदोलन से सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अर्नतगत अब तक बीस लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है

उसके बाद ओडिशा राजस्थान आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और तेलंगाना का स्थान है

इस महामारी से एक करोड़ तीन लाख से अधिक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है

भारत में संक्रमण दर प्रति दस लाख जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में काफी कम है प्रति दस लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है

कोरोना महामारी के बीच इस साल दो अंकों में वृद्धि दर्ज करने जा रहा भारत दुनिया में एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश की श्रेणी में आ सकता है